अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगले वर्ष देश की विकास दर सात प्रतिशत होगी उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है इसके बावजूद अगले वर्ष देश सात प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल कर लेगा अनुराग ठाकुर आज उना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में आने वाली आपतियों का समयबद्व और सर्वमान्य हल सुनिश्चित किया जाए उन्होंने गगरेट प्रवास के दौरान पदयात्रा भी की और स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया अनुराग ठाकुर ने बाद में चिंतपूर्णी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चिंपूर्णी को वैष्णु देवी तिरूपति और स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा उन्होंने चिंतपूर्णी को विकसित करने के लिए सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि अस्पताल में आने वाले रोगियों के साथ चिकित्सकों का मानवीय पहलू जरूरी है इससे रोगियों को आत्मिक बल मिलता है राज्यपाल आज आईजीएमसी शिमला के औचक दौरे और रोगियों से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी हासिल करने के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश के इस सबसे पुराने अस्पताल में रोगियों की देखरेख तो हो रही है लेकिन रोगियों की संख्या को देखते हुए इसे विस्तार देने की जरूरत है राज्यपाल ने अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और बाद में अस्पताल के विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ एक बैठक में उनकी समस्याएं भी सुनीं राज्यपाल ने अस्पताल में सुपर स्पैशलिटी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने अस्पताल प्रशासन से यहां मौजूद कमियों और सुविधाओं को लेकर विस्तृत रिपोर्ट देने को भी कहा सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षकों से विद्यार्थियों में कला पक्ष को और अधिक निखारने के लिए प्रयास करने का आहवान किया है शिक्षा मंत्री आज गेयटी थियेटर शिमला में आरकेएमवी शिमला की पूर्व छात्रा संघ द्वारा आयोजित पेंटिग प्रदर्शनी के शुभारंभ के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है उन्होंने कलाकारों से अपनी रचनात्मकता को सकारात्मक रूप में व्यक्त करने का आहवान किया ताकि देश और प्रदेश का नाम उंचा हो सके सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार आम आदमी की समस्याओं का घर द्वार पर ही समाधान के लिए प्रतिबद्ध है सहजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के कोट बेजा गांव में जनसमस्यां सुनने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक समान विकास और लोगों की समस्याओं के त्वरित निवारण की दिशा में कार्य कर रही है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे शिकायतों के समयबद्ध निदान के लिए दूरभाष नम्बर एक एक शून्य शून्य का लाभ उठाएं उन्होंने इस मौके पर सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग को कुनाई झांगड़ पेयजल योजना की पुरानी पाईपें तुरंत बदलने के भी निर्देश दिए बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि जयराम सरकार हिमाचल की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलेगी उन्होंने कहा कि धर्मशाला में प्रस्तावित इन्वैस्टर मीट प्रदेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है उन्होंने दावा किया कि देश व विदेश के उद्योगपति हिमाचल में निवेश के लिए आतुर है बिकम ठाकुर आज डाडा सिबा में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे

जायजा इस बीच उद्योग मंत्री विकम ठाक्र ने आज धर्मशाला में एक बैठक में इन्वेस्टर मीट की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं दूसरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट में प्रदेश में पहले से स्थापित उद्यमियों को न बुलाए जाने पर हैरानी जताई है उन्होंने इन्वेस्टर मीट के नाम पर करोड़ों रूपए की फिजूल खर्ची पर भी चिंता जताई सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है सत्ती ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि दुष्प्रचार कर जनता और कांग्रेस नेताओं को गुमराह करना मुकेश अग्निहोत्री की पुरानी आदत है उन्होंने इन्वैस्टर मीट के नाम पर सरकार द्वारा फिजूलखर्ची करने के आरोपों को निराधार बताया उन्होंने इन्वैस्टर मीट को लेकर बने सकारात्मक महौल के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सराहना की भाजपा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि कांग्रेस शासन काल में निवेशक भ्रष्टाचार के चलते हिमाचल छोडकर चले गए थे ट्राउट कुल्लू जिला प्रशासन ने जिला के सभी नदी नालों में अगले चार महीने तक ट्राउट मछली के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है

विभाग के उपनिदेशक सुनील जनार्था ने बताया कि ये प्रतिबंध नवम्बर से फरवरी के बीच ट्राउट मछली के प्रजननकाल के दृष्टिगत लगाया गया है

इसके अलावा जिला परिषद के एक और पंचायत समिति के आठ पदों के लिए भी इसी दिन उपचुनाव होने है इन उपचुनाव के चलते प्रदेश की छः सौ से अधिक पंचायतों में आचार सहिंता लागू हो गई है नामांकन पत्र चार नवम्बर तक भरे जा सकेंगे पांच नवम्बर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और सात नवम्बर तक नाम वापिस ले सकेंगे सात नवम्बर को ही सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिए जाएंगे

इसी दिन मतगणना के तुरंत बात चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे

वीरेन्द्र कंवर आज बंगाणा उपमंडल के थानाकलां में लोकनिर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे